विपक्ष के हंगामे के बीच संसद ने कृषि सुधार विधेयक पारित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में चौदह हजार दो सौ अंठावन करोड़ रूपये की लागत वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे इनमें चार हजार दो सौ अंठावन करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन सौ पचास किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं प्रमुख सड़क परियोजनाओं में छह लेन का उनचालीस किलोमीटर लम्बा पटना रिंग रोड़ चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग तीस का आरा मोहनिया खंड राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस का बख्तियारपूर रजौली खंड और चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग एक सौ इकतीस का नरैनपुर पुर्णिया खंड शामिल हैं प्रधानमंत्री ने वर्ष दो हजार पंद्रह में बिहार में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी इसमें चौवन हजार सात सौ करोड़ रुपये की लागत वाली पचहत्तर परियोजनाएं शामिल हैं इनमें से तेरह परियोजनाएं प्ररी हो चुकी हैं और अड़तीस का काम जारी है जबकि शेष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निविदा या स्वीकार्यता स्तर पर हैं इसके साथ ही प्रधानमंत्री चार चार लेन के तीन बड़े पुलों का भी उद्घाटन करेंगे इनमें पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाया गया पुल कोसी नदी पर निर्मित पुल और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनाया गया पुल शामिल हैं इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में इक्कीसवीं शताब्दी के विनिर्देशों के अनुरूप पुल होंगे और सभी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े तथा मजबूत हो जाएंगे प्रधानमंत्री के इस पैकेज के तहत गंगा नदी पर बने पुलों की कुल संख्या सत्रह हो जाएगी इस प्रकार राज्य की नदियों पर औसतन हर पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर एक पुल होगा वहीं प्रधानमंत्री ऑप्टीकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे इसके तहत राज्य के सभी पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गांवों में ऑप्टीकल फाइबर इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाएगी यह परियोजना दूर संचार विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्रों के संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित होगी इस परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों आगंनवाड़ी केंद्र आशा कार्यकर्ताओं जीविका दीदी और सरकारी संस्थानों को एक वाई फाई और पांच कनेक्शन निःशुल्क मिल सकेंगे इस परियोजना से बिहार के लोगों को ई शिक्षा ई क्रषि टेली मेडिसिन टेली लॉ और सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य डिजिटल सेवाएं केवल एक बटन क्लिक कर उपलब्ध हो सकेंगी संसद ने कृषि से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है राज्य सभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक दो हजार बीस और कृषक सशक्तीकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी दो हजार बीस के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मंजूरी दे दी सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है क्र षि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा

इस विल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी इन विधेयकों से किसान को मंहगी फसले पैदावार करने का अवसर मिलेगा श्री तोमर ने कहा कि क्रषक सशक्तीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन तथा कृषि सेवा पर करार संबंधी दो हजार बीस के विधेयक में फसल बोने से पहले किसान और खरीदार के बीच अनुबंध के जरिए ठेके पर खेती करने के ढांचे के निर्माण की व्यवस्था है

बाद में बहत सारे क्षेत्र खुल गए आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा वम्पर पैदावार की

खरीफ की व्रआई की और खेती का काम खेती का जीडीपी प्रमावित नहीं हुआ इसके लिए मैं देशभर के किसानों का निरिचत रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक किसान कृषि उपज विपणन समितियों के अलावा किसी अन्य खरीदार को अपनी उपज नहीं बेच पाते थे कृषि मंत्री ने विपक्ष के इस दावे का खण्डन किया कि इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध है उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह तय करती रहेगी

राज्यों सरकारों के साथ काम करेगी और किसानों के साथ काम करेगी तो किसानों की आमदनी दोगृनी हो उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में जब लोकसमा में चर्चा हो रही तो इस प्रकार की शंका कूछ मित्रों ने व्यक्त की उस समय भी मैने कहा था और बाकी प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी कृषि सुधार विधेयक में राज्य सरकारों की ओर से दूसरे राज्यों में उपज बेचने वाले किसानों से कोई बाजार शुल्क उपकर या लेवी वसूल नहीं करने की व्यवस्था भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित दो विधेयकों के पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है श्री मोदी ने संसद में दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर किसानों को बधाई दी उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा और करोडो किसान सशक्त होंगे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 श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद जारी रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार किसानों की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेगी और हम उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे लोकसभा ने कराधान और अन्य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक दो हजार बीस को पारित कर दिया है इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष मार्च में लागू अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में कहा कि इस विधेयक में विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने और बकाया राशि के लिए समय सीमा बढ़ाकर इकतीस दिसंबर कर दी गई है

अगर पेंडमिक जब तक खत्म नहीं होता दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर नहीं आना है इसलिए यो पॉवर ले रहे हैं अगर चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हैं सेम डे देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है इससे पीएम केयर्स कोष में दान करने वाला व्यक्ति आयकर में सौ प्रतिशत छूट पाने का पात्र होगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कर कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव केवल इसलिए किया गया है ताकि करदाताओं को राहत मिले

तो उस ऑर्डिनेंस को लेकर के बिल के रूप में उसमें आ रहे हैं वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उन्नीस सौ अड़तालीस से शुरू किए जाने के बावजूद अब तक पंजीकृत नहीं है जबकि पीएम केयर्स एक पंजीकृत न्यास है प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर इक्यानवे दशमलव छः तीन प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख छियत्तर हजार पांच सौ ग्यारह नमूनों की जांच की गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि बिहार न सिर्फ कोरोना से स्वस्थ होने के मामले में देश में पहले पायदान पर है बल्कि एक दिन में सर्वाधिक पौने दो लाख से ऊपर जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है श्री पाण्डेय ने कहा कि लोगों में आई जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण ही यह संभव हो सका है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार चार सौ सत्तासी मरीज स्वस्थ हुए हैं अब तक कुल एक लाख चौवन हजार चार सौ तैंतालीस मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गयी है वर्तमान में प्रदेश में कोविड उन्नीस के तेरह हजार दो सौ चौंतीस सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ पचपन नये मामलों की प्रष्टि हुई है पटना में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ नौ मामले सामने आये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ एक सुपौल में तिरानवे पूर्णियां में तिहतर और अररिया में चौसठ मामलों की पुष्टि हुई है इधर देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए सबसे अधिक बारह लाख से अधिक नमूनों के परीक्षण हुए हैं इस तरह देश में अब तक कुल छह करोड़ छत्तीस लाख से अधिक कोविड उन्नीस के परीक्षण किये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्या में परीक्षण करने से रोगियों का जल्द पता लगाने और कारगार उपचार शुरू करके मृत्युदर को निम्न स्तर पर बनाये रखने में मदद मिली है पिछले चौबीस घंटों में देश भर में चौरानवे हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं मंत्रालय के अनूसार देश में स्वस्थ होने की दर उन्नासी दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है अब तक देश भर में कुल तैंतालीस लाख से अधिक कोरोना रोगी इलाज के बाद ठीक हुए हैं वहीं एक दिन में बानवे हजार छः सौ पांच नए मरीजों के पता चलने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या चौवन लाख से अधिक हो गई है इस समय भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर एक दशलमव छह एक प्रतिशत है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से संक्रमण के लगभग चौदह से उनतीस लाख मामले कम करने और सैंतीस से पचहत्तर हजार मौतें टालने में मदद मिली है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी श्री चौबे ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से अनुमोदित तीस से अधिक संभावित टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड उन्नीस टीके के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि सरकार और उद्योग जल्द से जल्द कोविड उन्नीस का कारगर और सुरक्षित टीका बाजार में उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सासंद रविशंकर प्रसाद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में पीएमआर और आईवीएफ सेंटर का उद्घघाटन किया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड में आईवीएफ की सुविधा शुरू करने वाला आईजीआईएमएस पहला सरकारी अस्पताल है वहीं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एनआर विश्वास ने बताया कि अस्पताल परिसर में भौतिक चिकित्सा और पुर्नवास पीएमआर ओपीडी की सुविधा प्रतिदिन कर दी गयी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल से राज्य में मॉनसून की गतिविधियाँ और तेज हो सकती है इधर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है कटिहार जिले में महानंदा नदी का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है जिले के झौआ बहरखाल आजमनगर कुर्सेल दुर्गापुर और गोविंदपुर में महानंदा नदी का जल स्तर फिलहाल खतरे के निशान के करीब है जिले के कदवा प्रखंड स्थित शिवगंज डायवर्सन पर दो से तीन फीट ऊपर पानी के बहाव के कारण सोनैली पूर्णिया मुख्य मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है घटना स्थल पर बाढ़ सुरक्षात्मक बल कटाव को नियंत्रित करने का काम कर रहा है मुजफ्फरपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की ओर से जिले में चौबीस करोड़ रुपये से अधिक के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सात योजनाओं की आधारशिला रखी गयी अरवल जिले में जल जीवन हरियाली योजना के तहत करपी प्रखंड के बेलखरा गांव में छह लाख तिहत्तर हजार की लागत से पोखर का जीर्णोद्धार और व्क्षारोपण का कार्य किया जा रहा है अररिया जिले के फारबिसगंज में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की ओर से किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान पर केला का जी नाइन पौधे का वितरण किया गया

विपक्ष के हंगामे के बीच संसद ने कृषि सुधार विधेयक पारित किया